इस चरण के लिए सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकेंगे

आने वाले सप्ताह में दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता राज्य में चुनावी सभाएं करेंगे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी कल और परसों राजस्थान में चुनावी दौरे पर रहेंगे दो दिन में श्री मोदी चार जनसभाओं को संबोधित करेंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह लखावत ने आकाशवाणी को बताया कि श्री मोदी कल चित्तौड़गढ़ तथा बाड़मेर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे

जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री रावत ने कहा कि पिछले पांच साल में भारत ने दुनिया के पटल पर अपनी अलग पहचान बनाई है

आज अपने बेटे और जोधपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याषी वैभव गहलोत के पक्ष में पोकरण में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी अकाल के दौरान चारे की कमी नहीं आने दी थी हरीश चौधरी सालेह मोहम्मद वैभव गहलोत के नामों का जिक करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि नई पीढ़ी ही जोधपुर का विकास करेगी शेरगढ में एक अन्य चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए हैं वे पूरे किए जाएंगे

सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जयेगा सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि सतरंगी सप्ताह में आज जिले में दीपदान किया गया

चुनाव आयोग ने एक आदेश में कहा कि वेब सीरीज की विषय वस्तु से आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है इसलिए इसे तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाना चाहिए आयोग ने कहा कि चुनाव प्रकिया के दौरान किसी राजनेता की जीवनकथा या आत्मकथा पर आधारित ऐसी विषयवस्तु का सार्वजनिक प्रसारण नहीं किया जा सकता जिससे चुनाव प्रकिया की निष्पक्षता और स्वतंत्रता प्रभावित होती हो इससे पहले आयोग ने श्री मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म पीएम नरेन्द्र मोदी के रिलीज पर रोक लगाई थी

इस श्रेणी में इस साल हज यात्रा पर जाने की इच्छुक महिलाएं छह मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती है

दल में संबंधित गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापकप्रधानाचार्य भू अभिलेख निरीक्षक पटवारी ग्राम सेवक एएनएम आंगनबाडी कार्यकर्ता तथा साथिन सहयोगिनी को शामिल किया गया है जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए हैं कि दल में शामिल कार्मिक अपने अपने कार्य क्षेत्र में भ्रमण करते रहें तथा कोई बाल विवाह सम्पन्न नहीं हो पाए इसका ध्यान रखेंगे

झंझनू जिले के नूआ रेलवे स्टेशन के पास रेलगाडी की चपेट में आने से तीन बारातियों की मौत हो गई

श्रीगंगानगर जिले में पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर नशीली दवा और डोडा पोस्त सहित तीन आरोपियों को गिरफ़तार किया है इनमें से दो के पास से नशे की करीब दो हजार गोलियां बरामद हुई हैं थाना प्रभारी ने बताया कि एक जगह भांग की अवैध खेती भी पकड़ी गई

बीकानेर में कोटगेट क्षेत्र में पुलिस ने किकेट मैच पर सटटा लगाते एक व्यक्ति को गिरफ़तार किया है उसके पास से सट्टे के लाखों रूपयों के हिसाब किताब का रजिस्टर बरामद किया गया